अब समाचार विस्तार से मोदी बैठक प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बीच कल रात तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ जवाबी कार्यवाही की रणनीति पर विचार विमर्श किया इस बीच भारत ने पाकिस्तान द्वारा हिरासत में लिये गये पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित वापस लौटाने की मांग की है भारत के सैन्य ठिकानों पर पाकिस्तान के हवाई हमलों के प्रयासों को नाकाम किये जाने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भारत से एक बार फिर बातचीत की पेशकश की है वहीं विपक्षी दलों ने भी कल एक बैठक के बाद जारी बयान में आतंकवाद को कुचलने में सशस्त्र सेनाओं के साथ एकजुटता प्रदर्शित की उन्होंने वायुसेना की कार्यवाही और उनके शौर्य की सराहना की विपक्षी दलों ने सशस्त्र सेनाओं के बलिदानों के राजनीतिकरण का आरोप लगाते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को राजनीति के संकीर्ण दायरे में नहीं रखा जाना चाहिए पीएम शांति पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए शांति स्वरूप भट़नागर पुरस्कार वितरित करेंगे

इस अवसर पर श्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक डॉ शांतिस्वरूप भट्नागर के नाम पर दिया जाता है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित विभिन्न विषयो में भारतीयों के विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए हर वर्ष यह पुरस्कार दिया जाता है

इसका आयोजन पार्टी के मेरा ब्रथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया है पार्टी ने दावा किया है कि आगामी लोकसभा चुनावों से पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए हो रही यह वीडियों कॉफ्रेंस विश्व की सबसे बड़ी वीडियों कॉफ्रेंस होगी कमलनाथ मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि आज मौजूदा जरूरतों के मुताबिक शासन तंत्र में बदलाव आवश्यक है और आमलोगों की सहायता सहयोग और समर्थन की व्यवस्था लागू होना चाहिए उन्होंने कल भोपाल में कमिश्नर कलेक्टर कान्फ्रेंस में कहा कि राज्य सरकार इसी लक्ष्य को लेकर काम कर रही है

श्री नाथ ने कहा कि जिस जिले में सुशासन नहीं है वहां समस्याओं के सबसे अधिक आवेदन मिलते हैं उन्होंने संभाग आयुक्तों और कलेक्टरों को सरकार का चेहरा बताया मुख्यमंत्री ने संभाग आयुक्तों से नये सिरे से अपनी भूमिका तय करने को कहा

खरगोन जिले के प्रभारी मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने खरगोन कृषि मंडी में प्रमाण पत्र वितरित किये उन्होंने इस अवसर पर मंडी में बनाये गये राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम का लोकार्पण किया नगरीय विकास मंत्री जयवर्धन सिंह ने राघौगढ़ और आरोन में ऋणमाफी प्रमाण पत्र वितरित किये

श्रीमती पटेल कल चित्रकूट में महात्मा गाँधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्विविद्यालय के सप्तम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रही थीं राज्यपाल ने विद्यार्थियों को उपाधियां और स्वर्णपदक प्रदान किये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दिल्ली के महानिदेशक डॉ त्रिलोचन महापात्रा ने कहा कि आज ऐसे युवाओं की जरूरत है जो नौकरी की बजाय उद्यमी बनना पसंद करेंगे तथा गांवों में जाकर वहां विकास की अलख जगाएंगे राज्यपाल ने महात्मा गाँधी चित्रकृट ग्रामोदय विश्वविदयालय परिसर में नानाजी देशमुख की सातवीं पुण्य तिथि पर आयोजित कार्यक्रम में भी भाग लिया कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्यप्रताप सिंह संस्थान के अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सिंह सांसद श्री गणेश सिंह भी उपस्थित थे जन अभियान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राजनीतिक उद्वेश्यों को पूरा करने के लिए सरकारी धन के दुरूपयोग पर आत्ममंथन करने पर जोर दिया है उन्होंने कल भोपाल में जन अभियान परिषद के संवाद सत्र में कहा कि आत्ममंथन के लिए तीन महीने का समय है और इसके बाद फिर समीक्षा होगी श्री नाथ ने परिषद के अमले से यह आंकलन करने को कहा कि परिषद के गठन का क्या उद्देश्य था और इतने वर्षो में इसे किस ओर ले जाया गया वन अघिकार राज्य शासन ने निर्णय लिया है कि वन अधिकारों के संबंध में विभिन्न स्तर पर दिये गये आवेदनों की निरस्ती के प्रकरणों में बेदखली के पूर्व आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और समुचित सुनवाई का एक और अवसर दिया जाये यह निर्णय मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में लिया गया निरस्ती के प्रकरणों में आवेदकों को विधियुक्त सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं मिलने की षिकायत के चलते यह फैसला लिया गया है

यह भी तय किया गया है कि निरस्त प्रकरणों के संबंध में समिति के उपरोक्त निर्णय पर की जाने वाली कार्रवाई की नियमित समीक्षा राज्य स्तर से दल भेजकर भी करायी जायेगी दीक्षांत समारोह ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जायेगा राज्यपाल आनंदी बेन पटेल और उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे राज्यपाल दोपहर में कृषि महाविद्यालय के सभागार में आयोजित संगीत और कला विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगी वे शाम को विभागीय अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगी वहीं खेल और युवा कल्याण मंत्री श्री पटवारी राज्य महिला हॉकी अकादमी खिलाड़ियों से संवाद करेंगे अंशकालिक संवाददाता आकाशवाणी भोपाल के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा अंशकालिक अनुबंध के आधार पर इन्दौर मंदसौर रतलाम बालाघाट मंडला और निवाड़ी जिलों में संवाददाताओं के लिये आवेदन आमंत्रित किये गये हैं अंशकालिक संवाददाता पीटीसी के लिए आवेदक के पास पत्रकारिता की डिग्री या डिप्लोमा और पत्रकारिता में कम से कम दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए

आवेदन पत्र आकाशवाणी भोपाल से भी प्राप्त किये जा सकते हैं

मौसम विभाग के मुताबिक राज्य के पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्रों में बादल छाये हुए हैं और अभी दो दिन तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है मुरैना जिले में कल बारिश के साथ ही ओले गिरे इससे जिले में ठंडक बढ़ गई है वहीं ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान होने की आशंका है